नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा ये जो प्यार ये आशीर्वाद काशी वासियों ने दिये हैं मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहाँ जहाँ चुनाव बाकी हैं सभी चरण में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हमारे देश के मतदाता मतदान करें नरेन्द्र मोदी वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव चुनाव मैदान में हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता से वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले शहर कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव का आशीर्वाद लिया और फिर वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया मोदी के नामांकन के प्रस्तावको में पूर्ण राजा परिवार के जगदीश राजा और वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता भी शामिल थे जिसके घटक दलों के तमाम वरिष्ठ नेता अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल शिवसेना के उद्वव ठाकरे जनतादल यूनाइटेड के नीतीश कुमार एआईएडीएमके पार्टी की ओर से पन्नीर सेल्वम लोक जनशाक्ति पार्टी के रामविलास पासवान और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी शामिल थी कई केन्द्रीय मंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहें सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी के पक्ष में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि अब तक आधी सीटों पर चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं वहां पड़े मतदान से यह रूझान सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही जनता की पहली पसन्द हैं उन्होंने कहा कि जो कार्य पिछली सरकारों के लिये नामुमकिन थे मोदी सरकार ने उन्हें मुमकिन बनाया है मुख्यमंत्री योगी ने आज ही कुशीनगर में भी एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस की योजना आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बजाय दो हजार बाईस में उत्तरप्रदेश में सत्ता में आने की है उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि बहजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के साथ उनका गठबंधन मजबूत है और उनकी पार्टी ने अपनी आधी सीटें इसीलिए छोड़ दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में न आ पाए कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री का पिछले पांच साल का कार्यकाल उपलबंधियों भरा नहीं रहा है आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हैसला कम हुआ है उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री दो हजार चौदह के प्रचार के दौरान किए गर्य अपने किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर पाये हैं लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिये प्रचार चरम पर पहुंच गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित कर अपने प्रत्याशी के पक्ष मे मतदान की अपील कर रहे हैं

इस चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर उत्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे ये सीटे हैं शाहजहांपुर सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर चौथे चरण में कुल एक सौ बावन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं गायक दलेर मेहंदी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये उन्होंने दिल्ली भाजपा इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल और हर्षवर्द्वन की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की दिल्ली बुलेटिन उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक के रिलीज पर निर्वाचन आयोग द्वारा उन्नीस मई तक लगाई गई रोक के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या इस फिल्म को इस वक्त प्रदर्शित किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार में जो फैसला किया है शीर्ष न्यायालय उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करने के हक में नहीं है शीर्ष न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है कि वह बैंको की वार्षिक जांच रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार संबंधी कानून के तहत सार्वजनिक करें बशर्त कि कानून के तहत जानकारी उपलब्ध कराने से छूट हो न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अव्यक्षता वाली पीठ ने रिजर्व बैंक पर अवमानना की कार्रवाई न करते हुए स्पष्ट कहा कि बैंक को पारदर्शिता कानून के प्राव्धान लागू करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है